आज शिमला में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हैल्पलाईन की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में आई शिकायत को ैलेकर समय पर उचित कार्यवाही न करने पर शहरी विकास विभाग के तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित जनमंच कार्यक्रमों से प्राप्त सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि इनकी प्रभावी निगरानी को साथ साथ जल्द समाधान भी हो सके विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को शहरी गैस वितरण परियोजना में शामिल करने का आग्रह किया है आज नई दिल्ली में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने ये मामला उठाया विक्रम ठाकर ने कहा कि कांगड़ा जिला का डमटाल तेजी से उभरता औद्योगिंक क्षेत्र है जिसे शहरी गैस वितरण परियोजना से जोडा जाना चाहिए उन्होंने प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों बद्दी नालागढ़ और कालाअम्ब को प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के तहत शामिल करने का भी अनुरोध किया विक्रम ठाकर ने कहा कि गैस का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कचरे के निपटान में भी किया जा सकता है उन्होंने धर्मशाला मनाली और शिमला में अपशिष्ट सामग्री से गैस तैयार करने को लिए विशेष नीति बनाने पर जोर दिया उद्योग मंत्री ने प्रदेश में सीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने का आग्रह भी किया

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला स्थित राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किए राज्यपाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहत बड़ा योगदान दिया था बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था वीरेन्द्र कंवर प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को हर सुविधा देने का प्रयास कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के सरोह व कोट विद्यालयों के वार्षिक समारोह में ये बात कही उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश शिक्षण संस्थानों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं

इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

उन्होंने कहा कि इससे चम्बा जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी

ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी योग युवा पीढ़ी में योग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आज से योगासन खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं इसी कड़ी में योग सोसाइटी की प्रदेश इकाई व भारतीय योग एसोसिएशन हिमाचल चैप्टर द्वारा भी प्रदेशभर में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है

प्रांत स्तर पर प्रथम आने वाली एकल व समूह टीमें दिल्ली में अप्रैल में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर ँ जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे इन समारोहों की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं इसी कड़ी में सोलन के ठोडो मैदान में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में होने वाली परेड को लेकर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है पूलिस होमगार्ड एनसीसी और एनएसएस सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे इस पूर्वाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं